कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से लौटे प्रदेश के तीनों छात्रों की मेडिकल रिपोर्ट प्रतिकूल आई है खरगोन के छात्र श्भम गृप्ता और अब्दल मतीन के शरीर में कोरोना वायरस नहीं पाया गया है वहीं ग्वालियर के भी एक छात्र की जांच रिपोर्ट प्रतिकृल रही स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने कोरोना वायरस को लेकर लोगों से सजग रहने की अपील की है उन्होंने आज कहा कि ये एक च्नौती है लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं श्री सिलावट ने कहा कि वायरस से बचाव के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की गई है सभी अस्पतालों में पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि एमवाय अस्पताल में इस वायरस से बचाव के लिए विशेष कक्ष स्थापित किया गया है अस्पताल के अधीक्षक डॉ पीएस ठाकुर ने आकाशवाणी के जरिये लोगों से एहतियात बरतने की अपील की

अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर एसके पालीवाल ने बताया कि जिले में अभी कोई भी संदिग्ध मरीज नही है

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि आज देश को रचनात्मक सोच और अनुशासित युवा पीढ़ी की आवश्यकता है जो सेवा से जुड़े और पूरे देश को एक सूत्र में पिरोए उन्होंने कहा कि एनसीसी एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम देश के बेहतर भविष्य के लिए युवा शक्ति की ऊर्जा का उपयोग सही दिशा और दृष्टि के साथ कर सकते हैं श्री नाथ दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में प्रतिभागी मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के एनसीसी के छात्र छात्राओं के मुख्यमंत्री निवास में आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हमारी युवा पीढ़ी देश की उस विशेषता को पहचाने जिसके कारण पूरी दुनिया में हम महान हैं उन्होंने कहा कि हमारे देश में विभिन्न जातियां धर्म भाषा और संस्कृति को जब विश्व एक झण्डे के नीचे एकजुटता के साथ खड़ा हुआ देखता है तो उसे आश्चर्य होता है

इसका लक्ष्य लोगों को कैंसर की रोकथाम पहचान और उपचार के लिए प्रेरित करना है इस अवसर पर उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चिकित्सा जगत और विशेषज्ञों से कैंसर की रोकथाम के लिए जागरूकता लाने की अपील की है श्री नायडू ने कहा कि इस रोग की जल्द पहचान और उपचार पर अधिक ध्यान देना होगा उन्होंने कहा कि इसके लिए गांव और शहरों में नियमित जांच विशेषकर कैंसर की आशंका वाले लोगों की जांच जरूरी है भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज कैंसर जागरूकता फोल्डर का विमोचन किया इंदौर में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर विभिन्न जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया वहीं सिवनी जिला मुख्यालय पर आज चिकित्सकों द्वारा कैंसर रोग के विषय में जागरूकता एवं निदान संबंधी कार्यशाला आयोजित की गई उधर आगरमालवा जिला मुख्यालय पर भी आज कैंसर रोगियों का निःशुल्क उपचार किया गया देवास गुना रतलाम मंदसौर सीहोर खंडवा रायसेन नरसिंहपुर जबलपुर अनूपपूर बालाघाट मंडलाराजगढ़ सहित सभी जिलों में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये

ये छूट उन निकायों में लागू नहीं होगी जहाँ निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होगी

इस अवसर पर प्रमुख सचिव पंकज राग भी उपस्थित थे उल्लेखनीय है कि वहीदा जी स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से बीते अक्टूबर माह में खंडवा में पार्श्व गायक किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर हुए कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकी थीं प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है सिवनी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के छपारा लखनादौन और घनसौर विकासखंड में आज सुबह बारिश हुई उधर मंडला जिले में भी सुबह बुंदाबांदी हुई वहीं अनूपपुर जिले में भी रूक रूककर बारिश हुई

यहां बारिश की संभावना जताई जा रही है

मौसम विभाग ने होशंगाबाद शहडोल रायसेन खंडवा सागर दमोह सिंगरौली विदिशा सीहोर और खरगोन जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का अनुमान जताया है